विधानसभा चूनाव के पहले चरण के मतदान के लिये चूनाव प्रचार समाप्त

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिये सुरक्षा के किये जा रहे हैं कड़े इंतजाम

द्रसरे और तीसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार हुआ तेज

दो लाख से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संदेश कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इन सीटों पर बुधवार अठाईस अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे इस चरण में लगभग दो करोड चौदह लाख मतदाता एक हजार छियासठ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे पहले चरण में एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी उनतीस सीटों पर जनता दल यू पैंतीस हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा हम छह सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जबकि विकासशील इन्सान पार्टी वीआईपी का एक उम्मीदवार मैदान में है इधर महागठबंधन में शामिल पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल के बयालीस उम्मीदवार जबकि कांग्रेस के इक्कीस प्रत्याशी चुनाव मैदान में है महागठबंधन की सहयोगी सीपीआई माले के आठ उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के इकतालीस और रालोसपा के चालीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं लोजपा ने उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है जहां उसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं हैं इस चरण में राज्य के आठ मंत्री प्रेम कुमार रामनारायण मण्डल जयकुमार सिंह कृष्ण नंदन वर्मा शैलेश कुमार संतोष निराला विजय कुमार सिन्हा और ब्रज किशोर बिंद के भाग्य का फैसला होगा इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माझी एनडीए उम्मीदवार के रूप में गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिये सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जमकर प्रचार किया एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने विकास के नाम पर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की तो महागठबंधन के नेताओं ने सरकार बदलने को लेकर प्रचार किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले चरण के चूनाव प्रचार में तीन चुनावी सभाओ को संबोधित किया उन्होंने मतदाताओं से विकास के नाम पर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग अभी भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में राज्य के लोगों के सहयोग की सराहना की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी कई सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार ही राज्य का सर्वांगीण विकास करेगी इधर राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर राज्य में हर क्षेत्र में न्यायपूर्ण विकास होगा पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान कोविड उन्नीस से कई स्टार प्रचारक संक्रमित हो गये इनमें भाजपा के देवेन्द्र फड़णवीस राजीव प्रताप रूडी शाहनवाज हुसैन सुशील कुमार मोदी शामिल हैं वहीं पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गये पहले चरण के अंतर्गत जिन विधानसभा क्षेत्रों में चूनाव होने हैं उनमें से बहत से क्षेत्र नक्सल प्रभावित और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि नक्सल प्रभावित और दियारा के क्षेत्रों में लगातार हवाई गश्त की जा रही है उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती के साथ साथ इन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला

गोह नवीनगर ओवरा कुट्वा रफीगंज और औरंगावाद निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर इस बार कूल अठहत्तर उम्मीदवार चुनावी मैदान में है एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने प्रत्यारी चुनायी मैदान में उतारे हैं इसके अलावा बसपा और रालोसपा जन अधिकार पार्टी के नेतुत्व वाले गठबंघन तथा लोजपा के फ्रत्यारी भी चुनायी किस्मत आजमा रहे हैं दो हजार पन्द्रह के विवान सना चुनाव के पुराने समीकरण इस बार बदल गये है कई बागी नेताओं के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में उतरने से उलट फेर के कयास भी लगाये जा रहे हैं प्रमुख उम्मीदवारों में गोह से भाजपा के मनोज शर्मा राजद के भीम सिंह रालोसपा के डॉ रणविजय कुमार चुनायी अखांठे में हैं जदयू के चीरेंद्र कुमार सिंह फिर से नबीनगर से किस्मत आजमा रहे है उनके खिलाफ राजद ने विजय कुमार सिंह उर्फ डय्तयू सिंह को महा गठबंधन उम्मीदवार के रुप में उतारा है औरंगाबाद सीट पर निवर्तमान कियायक आनंद रांकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड रहे है वहीं पूर्व मंत्री भाजपा के रामाघार सिंह इस सीट पर फ़िर से कब्जा जमाने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं कुटुबा से कांग्रेस के राजेश राम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से श्रवण भुइयां रफीगंज से जदयू के अरोक कुमार सिंह राजद के नेहाल उद्दीन भी पहले चरण में ही किस्मत आजमा रहे हैं वहीं ओवरा से राजद के ऋषि सिंह जदयू के सुनील कुमार लोजपा के प्रकाश चंद्र स्वराज पार्टी के सोम प्रकाश प्रमुख हैं जिले में कई सीटें नक्सल प्रमावित क्षेत्रों में पडती है सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की गयी हैं लगभग छब्बीस सी मतदान केंद्र है जहां कोविड से यचाव को लेकर पूरी तैयारियां रहेंगी आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगवाद से कमल किशोर राज्य में पहले चरण के चुनाव के दौरान तीन सौ अड़सठ मामले दर्ज किये गये हैं आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक लगभग बीस करोड़ रूपये नकद बरामद किये गये हैं पहले चरण के चुनाव के लिये तैयारी पूरी कर ली गयी है पहले चरण में कुल इकतीस हजार तीन सौ इकहत्तर मतदान केन्द्र बनाये गये हैं सभी केन्द्रों पर अर्द्वसैनिक बलों के जवान तैनात रहेंगे इधर मतदान वाले क्षेत्रों में हर जिले की सीमा को सील कर दिया गया है वहीं औरंगाबाद जिले में दो हजार पांच सौ तिहत्तर मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि मतदान के दिन जल थल और आसमान से पूरी चौकसी की जायेगी श्री जोरवाल ने कहा कि सोन नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में नौका से नजर रखी जा रही है उन्होंने कहा कि पूरे जिले में दो सौ दस सखी बूथ बनाये गये हैं जिसके संचालन और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी महिला अधिकारियों की होगी इधर दूसरे और तीसर चरण के चूनाव प्रचार के लिए अभियान तेज हो गया है सभी दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेता लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्णियां में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लिये एनडीए की सरकार आवश्यक है जिससे विकास की गति और तेज होगी

उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास से राज्य काफी आगे पहुंचा है

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बदलाव की लहर है

यह राष्ट्रीय औसत से चार दशमलव छह नौ प्रतिशत अधिक है इस समय दस हजार दो सौ उनतीस कोरोना रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है दो लाख से अधिक रोगी अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं संक्रमितों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना में एक सौ बयालीस नवादा में छप्पन गया में छत्तीस पूर्णिया में इकतीस और सहरसा में इक्कीस नये लोगों की पहचान की गयी है इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से पॉजिटिव मामले सामने आये हैं देश में कोविड उन्नीस से अब तक इकहत्तर लाख से भी अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं जो कुल संक्रमितों का नब्बे प्रतिशत से ज्यादा है रोगियों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग ग्यारह गुणा अधिक है पिछले चौबीस घंटों के दौरान करीब साठ हजार रोगी ठीक हुए हैं जबकि नए मामलों की संख्या लगभग पैंतालीस हजार है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी है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

विजयादशमी का पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया यह दिन अहंकार की पराजय तथा बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है मान्यता है कि नौ दिन के नवरात्र अनुष्ठान में शक्ति उपासना के बाद भगवान राम ने विजयदशमी पर रावण का वध किया था शेखप्ररा जिले में प्रलिस ने वाहन जांच के दौरान एक लाख बासठ हजार रूपये के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पटना जिले में चुनाव को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले में पुलिस ने एक नक्सली दयानंद उर्फ छोटू को एक पिस्टल और पांच गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली पर तेरह मामले दर्ज हैं बक्सर जिले में एक सड़क दुर्घटना में दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गयी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिये चुनाव प्रचार समाप्त

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिये सुरक्षा के किये जा रहे हैं कड़े इंतजाम

दूसरे और तीसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार हुआ तेज

दो लाख से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात